केन्द्र किसान वार्ता सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में आज चौथे दौर की बातचीत होगी मंगलवार को केन्द्र और किसानों के बीच वार्ता के तीसरे दौर में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका था पिछली बैठक में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने केन्द्र का पक्ष रखा था इस दौरान श्री तोमर ने कहा था कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि यदि किसानों को इन कानूनों पर कोई आपत्ति है तो सरकार उनकी चिंताओं पर विचार के लिए पूरी तरह से तैयार है उन्होंने कहा कि किसानों को आंदोलन के रास्ते पर नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे आम लोग प्रभावित होते हैं केन्द्र पेरिस समझौता केन्द्र सरकार ने पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयीन समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण सचिव करेंगे इस समिति का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मामलों पर देश की समन्वित कार्ययोजना तैयार करना है ताकि भारत पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की दिशा में ठीक से आगे बढ़े चौदह मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे अगले साल से पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की शुरुआत होगी समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि भारत अपने जलवायु संबंधी फैसलों को पेरिस समझौते के अनुरूप बनाये रखे

इस दिन सशस्त्र सेना के प्रतीक झंडे को लोगों में वितरित भी किया जाता है उधर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों से सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में स्वैच्छिक योगदान की अपील की है नई दिल्ली में सशस्त्र बल झंडा दिवस के लिए कोष एकत्र करने से जुड़े कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि हमारे पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण शहीद सैनिकों के परिजनों और हमारे निशक्त सैनिकों की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की है

दो और तीन दिसम्बर की दरमियानी रात में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से रिसी जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से हजारों लोगों की असमय ही मृत्यु हो गई थी वहीं इस गैस के असर से हजारों लोगों में शारीरिक व्याधियां भी उत्पन्न होती रहीं

इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे प्रार्थना सभा में दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी और उनकी स्मृति में दो मिनिट का मौन भी रखा जाएगा

प्रत्येक जिला मुख्यालय पर करीब दो सौ हितग्राही मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ चर्चा में शामिल होंगे सरकार जीएसटी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी की कर वसूली लगातार दूसरे महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रही है

देश में पिछले तीन महीनों से जीएसटी की वसूली में निरंतर बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि कोरोना महामारी और उससे लड़ने के लिए किए गए लॉकडाउन के बाद देश में सामान्य स्थिति बहाल हो रही है

जानना जरूरी है हमारी श्रृंखला जानना जरूरी है के तहत हम कृषि विधेयक के संबंध में फैलाए जा रहे भ्रम और उसकी सच्चाई से रू ब रू करा रहे हैं देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए हैं

लेकिन बादल छाने से कई जिलों में तापमान में कोई असर नहीं पड़ रहा है राजधानी भोपाल में भी बीती रात सर्दी का असर कम महसूस किया गया उधर मौसम केन्द्र के अनुसार अभी कुछ दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव आता रहेगा और मावठे की बारिश के बाद ही तेज सर्दी पड़ने के आसार बनेंगे

सभी संभागों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ कल सबसे कम न्यूनतम तापमान उमरिया और नौगांव में दर्ज किया गया

मृतको में दो महिलाएं एवं तीन बच्चे शामिल हैं